वहीं इसी दिन राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण चार जुलाई को संसद के पटल पर रखा जाएगा जबकि केन्द्रीय बजट पांच जुलाई को पेश किया जाना है किसान आय केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज कहा कि अगले पांच साल के दौरान किसानों की आय दौगुनी करने के लिये हर संभव प्रयास किये जाएंगे नई दिल्ली में कृषि मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे किसान समुद्ध तो देश समुद्ध की अवधारणा पर काम करेंगे और फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिये आध्निक कृषि तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग करने पर जोर दिया जाएगा कृषि राज्यमंत्री परषोत्तम रूपाला और कैलाश चौधरी ने भी आज अपना कार्यभार संभाल लिया वहीं केन्द्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कल अपने विभाग का दायित्व संभालते हुए कहा कि नये भारत के निर्माण में हमारा मंत्रालय सकिय भूमिका निभाएगा और हम सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिये काम करेंगे केन्द्रीय मंत्री अमित शाह ने आज गृह मंत्रालय का और राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला वहीं मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ ही पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का कार्यभार संभाला मंत्री पीयूष गोयल ने रेल मंत्री का और इसी मंत्रालय में बाबुल सुप्रियो ने राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला इसके अलावा कई मंत्रियों ने भी अपने अपने विभागों का दायित्व संभाला

श्रममंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने भोपाल में प्रदेश के बाल अधिकारों के व्यावसायिक सिद्धांतों पर आधारित कार्यशाला में कहा कि इसकी शुरूआत पीथमपुर से की जाएगी उन्होंने कहा कि बाल श्रम पूरे विश्व में एक बड़ी समस्या है और बाल अधिकार संरक्षण के लिये सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है श्री सिसोदिया ने कहा कि बाल श्रम का मूल कारण गरीबी और अशिक्षा है इस समस्या के निदान के लिये उन क्षेत्रों को चिन्हित करना होगा जहां से बाल श्रमिक बड़ी संख्या में आते हैं

नॉटिंघम में कल वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को सात विकेट से हरा दिया भारत का इस प्रतियोगिता में पहला मैच दक्षिण अफ्रीका के साथ पांच जून को साउथम्पटन में होगा मौसम गर्मी प्रदेश में नौतपा ने लोगों को बेहाल कर दिया है

इसके लिये कलेक्टर ने कल संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये

बुरहानपुर में ईद की विशेष नवाज नज़मी मस्ज़द में होगी